सभी मामलों को संगरोध स्विधाओं से पाये गए है सभी रोगि एसिम्टोमेटिक हैं और उन्हें कोविड केयर सेंटर में स्थानांतरित कर दिया गया है

डिस्चार्ज किए गए चार रोगियों में से दो चांगलांग जिले और एक एक ईस्ट सियांग और लोअर दिबांग वैली जिलों के है

राजधानी ईटानगर में कल सुबह दोनी कॉलोनी में भारी वर्षा के कारण ह्ए भूस्खलन में एक नाबालिग लड़की की जान चली गई

वही पिछले क्छ दिनों से हो रही भारि बारिश के मद्देनजर राजधानी क्षेत्र जिला प्रशासन ने भूस्खलन और बाढ़ से खतरे वाली क्षेत्रों में निवास कर रहे नागरिकों से स्रक्षित स्थानों में जाने और सतर्क रहने का आग्रह किया मौसम विभाग के अन्सार अगले क्छ दिनों तक भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है उधर लोहित जिले में नदियों का जलस्तर ऊफान पर है जल संसाधन विभाग के अभियंता एच सिंह ने बताया कि लोहित नदी की तेज धारा से कई इलाकों में भूमि कटाव हो रहा है और इससे खेती को न्कसान पहंचा है उन्होंने बताया कि मानसून को देखते हुए जिले में किसी भी आपदा से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाएं जा रहे है बारिश से तेजू नगरिय क्षेत्र की सड़क पर जल जमाव से आवागमन पर भी असर पड़ा है

सीबीएसई ने कहा है कि रद्द परीक्षाओं में छात्रों का मूल्यांकन इन दोनों कक्षाओं के परिणामों के लिए बनाई गई सक्षम समिति के स्झावों के अन्सार किया जाएगा बोर्ड ने बताया है कि जिन छात्रों ने तीन से अधिक विषयों में परीक्षाएं दी हैं उन्हें सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले तीन विषयों में प्राप्त अंकों के औसत अंक उन विषयों के लिए दिए जाएंगे जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं जिन छात्रों ने केवल तीन विषयों की परीक्षाएं दी हैं उन्हें सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले दो विषयों के औसत अंक बाकी की परीक्षाओं के लिए दिए जाएंगे जिन छात्रों ने केवल एक या दो विषयों में परीक्षा दी है उनका परिणाम परीक्षा वाले विषय तथा आतंरिक प्रायोगिक और परियोजना परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा

जो विद्यार्थी आंकलन योजना के आधार पर घोषित अपने परिणाम में सुधार करना चाहते हैं वे इन स्वैच्छिक परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं